पॉजिटिव होने की दर घटकर एक दशमलव तीन दो प्रतिशत हुई

और आज शिक्षक दिवस है

प्रदेश के सोलह जिलों में बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से तीन हजार तीन सौ अठाईस करोड़ साठ लाख से अधिक रुपए की राशि की है बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने बिहार आई केंद्रीय टीम के साथ आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बैठक की और ज्ञापन सौंपा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में हुई क्षति की जानकारी केंद्रीय टीम को दी गई और सहायता राशि की मांग की गई केंद्रीय टीम के साथ हुई बैठक का ब्योरा देते हुये सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्रु डू ने कहा कि केंद्रीय टीम ने बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्यो की सराहना की टीम ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को अतिगंभीर माना है गौरतलब है कि बाढ़ से हुई क्षति के आकलन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में छह सदस्यीय दल दो सितंबर को बिहार आया था और बाढ़ प्रभावित मुजफ्फरपुर दरभंगा और गोपालगंज जिलों में जाकर स्थिति का आकलन किया था प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड एक लाख पचास हजार एक सौ पंचनावे कोरोना नमूनों की जांच की गई जांच के दौरान एक हजार नौ सौ अठहत्तर नये संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इसके साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अब एक लाख चौवालीस हजार एक सौ चौंतीस हो गई है इनमें से एक लाख छब्बीस हजार चार सौ ग्यारह इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं सक्रिय मामलों की संख्या सोलह हजार नौ सौ इक्यासी है कोरोना संक्रमण से अब तक राज्य में सात सौ इकतालीस लोगों की मौत हो चुकी है प्रदेश में रिकवरी रेट अट्ठासी प्रतिशत है जबकि पॉजिटिव होने की दर घटकर एक दशमलव तीन दो प्रतिशत रह गई है प्रदेश में अब तक सैंतीस लाख इक्कीस हजार दो सौ पचास नमूनों की जांच की गई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल पटना जिले में सर्वाधिक दो सौ अड़तीस मुजफ्फरपुर में एक सौ चौंतीस और अररिया में एक सौ सत्रह नये मामले सामने आये हैं इसके अलावा भागलप्र और पूर्णिया में इक्यानवे इक्यानवे नवादा में अट्ठासी पूर्वी चंपारण में चौरासी गोपालगंज और सहरसा में चौंसठ चौंसठ कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये गये अन्य जिलों में भी नये मरीजों की पहचान की गई है केंद्र सरकार के सहयोग से मुजफ्फरपुर के पताही में विशेष कोविड अस्पताल तैयार हो गया है पांच सौ बेड वाले इस अस्पताल में आज से कोरोना से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिये भर्ती किया जायेगा रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने अस्पताल को तैयार किया है पीएम केयर्स फंड से अस्पताल को वेंटिलेटर सहित अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया गया है पटना के बाद केंद्रीय मदद से तैयार राज्य का यह दूसरा कोविड अस्पताल है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है साउंड बाईट तीन पिलर्स हैं हमारे हैंड हाइजिंग हाथ घर से साफ करके निकलें साबून से अपने पर्स में बैग में सेनेटाइजर की बोतल रखें और बीच बीच में सेनेटाइजर से हाथ धोते रहें सेकेंड मोस्ट इपॉर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाए और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टॅसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है पटना में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने इस संबंध में नियम बनाने का आदेश भी दिया मुख्यमंत्री ने एससी एसटी से जुड़े लंबित मामलों को बीस सितंबर तक निपटाने के लिये कहा है उन्होंने कहा कि जांच कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये चलायी जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की और इन जातियों के व्यक्तियों के लिये रोजगार के नये अवसर सृजित करने के निर्देश भी दिये उन्होंने इन जातियों के आवासहीन परिवारों के लिये आवास निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है पटना स्थित विभिन्न पार्टियों के राज्य मुख्यालय में सरगर्मी बढ़ी हुई है और टिकट के दावेदारों की भीड़ देखी जा रही है उधर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा आठ सितंबर को और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडनवीस नौ सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं भाजपा ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया है इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सात सितंबर को जदयू की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस के बिहार प्रभारी और सांसद शक्ति सिंह गोहिल पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव तैयारी को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं पूर्व सांसद पप्प् यादव की नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी ने अपने चौरानवे उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है वहीं उपेंद्र क्शवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अपनी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की सूची सौंपी है जबकि जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने चूनाव के संभावित प्रत्याशियों के चयन के लिये एक वेबसाइट बनायी है अन्य दलों के भी दावेदार टिकट के लिये अपने बायोडाटा पार्टी प्रदेश मुख्यालयों में जमा कर रहे हैं इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी विभिन्न कोषांगों की लगातार बैठकें कर रहे हैं पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने निर्वाची पदाधिकारियों और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की इधर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये राज्य भर में लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में पहली बार पांच महीने बाद पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त महीने में राजस्व संग्रह में ग्यारह दशमलव सात शून्य प्रतिशत की वृद्धि हुई है उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बावजूद राजस्व संग्रह में हर सभंव वृद्धि का प्रयास कर रही है

यह दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे बच्चों को ज्ञान विज्ञान और विवेकसम्मत आचरण के प्रति सुशिक्षित करें उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को सामाजिक मूल्यों जैसे सत्य अहिंसा करुणा बंधुत्व तथा राष्ट्रीय एकता और विश्वमैत्री जैसी उत्तम भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के मेरूदण्ड हैं उनको हर स्तर पर आदर और सम्मान मिलना चाहिये प्रदेश के दो शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा देशभर से सैंतालीस शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जायेगा कोरोना संक्रमण के कारण इन शिक्षकों को ऑनलाइन सम्मान प्रदान किया जायेगा सारण जिले के मध्य विद्यालय चैनपुर के प्रधानाध्यापक अखिलेश्वर प्रसाद और बेगूसराय जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय वीरपुर के प्रधानाध्यापक संत कुमार सहनी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है श्री सहनी ने बच्चों को पंद्रह दिन में पढ़ाई सिखाने के लिये विशेष नवाचार विकसित किया है उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और बच्चों में पढ़ाई छोड़ने की दर भी कम हुई है

उच्चतम न्यायालय ने दूसरी बार कोरोनो संकट के कारण इंजीनियरिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है छह राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के पहले दिए गए आदेश की समीक्षा करने और परीक्षाएं स्थगित करने का आग्रह किया था सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षा की कंपार्टमेंटल परीक्षा बाईस से उनतीस सितंबर के बीच आयोजित होगी इस संबंध में सीबीएसई ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल लागू होंगे छात्रों को हैंड सैनिटाइजर पानी की बोतल और मास्क खुद लाना होगा जेईई नीट परीक्षाओं के कारण जाम की समस्या को देखते हुये कल से तेरह सितंबर तक गांधी सेतु के दोनों लेन चालू हो जायेंगे गौरतलब है कि मरम्मत कार्य के लिये पिछले दिनों पुल के पूर्वी लेन को बंद कर दिया गया था पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि गया स्थित विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक है यह किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि कोई भी मंदिर सार्वजनिक होता है खंडपीठ ने कहा कि विष्णुपद मंदिर के पुजारियों के हितों की रक्षा की जायेगी मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी गंगा गंडक बूढ़ी गंडक और बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है जिसके कारण प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य हो रहा है केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में पटना के गांधीघाट समेत सभी स्थानों पर गिरावट दर्ज की गई है वहीं भागलपुर के कहलगांव में गंगा का जलस्तर स्थिर है इधर पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान से एक मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया है राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आज और कल बारिश के आसार हैं जिससे लोगो को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की अक्षीय रेखा मणिपुर से बांग्लादेश होते हुए पश्चिम बंगाल बिहार और उत्तर प्रदेश तक जा रही है इसके साथ ही बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में धरातल से लगभग डेढ़ किलोमीटर ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिससे आज बारिश होने की अच्छी संभावना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने चुनाव आयोग के उस फैसले को सुर्खी बनाया है जिसमें आयोग ने कहा है कि उनतीस नवंबर से पहले बिहार विधान सभा के चुनाव संपन्न करा लिये जायेंगे इस खबर को सुर्खी बनाते हुये दैनिक भास्कर ने लिखा है आयोग ने कहा समय पर होगा बिहार चुनाव अखबार लिखता है आयोग की तैयारियां संकेत दे रही कि दशहरा दीपावली के बीच होगा चुनाव हिन्दुस्तान ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की जांच को सुर्खी बनाते हुये लिखा है छापे के बाद रिया का भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार दैनिक जागरण ने सीमा पर विवाद को सुर्खी बनाते हुये लिखा है पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत चीन में बातचीत

पॉजिटिव होने की दर घटकर एक दशमलव तीन दो प्रतिशत हुई

और आज शिक्षक दिवस है